भारतीय जनता पार्टी के थराली से विधायक मगन लाल शाह का कल देर रात निधन

राज्य की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए ढांचागत सुधार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि हर साल करदाता प्रसार भारती को दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए देते हैं ताकि लोक प्रसारक आकाशवाणी और द्रदर्शन के प्रसारण के कार्यक्षेत्र को जीवंत और फलता फूलता हुआ बनाए रखा जा सके

निधन भारतीय जनता पार्टी के थराली से विधायक मगन लाल शाह की देहरादून के एक अस्पताल में कल देर रात निधन हो गया लिवर और फेफड़ों में संक्रमण के कारण उनका ईलाज देहराद्न के जॉली ग्रांट मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा था

राज्यपाल केके पॉल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर गहरा दूःख व्यक्त किया है

मगन लाल शाह चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे विधायक शाह का आज राजकीय सम्मान के साथ कर्णप्रयाग में अंतिम संस्कार किया गया

जाने माने परमाणु वैज्ञानिक पद्म श्री पद्म भूषण व पद्मविभूषण डॉ काकोडकर का भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है गौरतलब है कि प्रदेश में विज्ञान की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पाल द्वारा विगत वर्ष से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर व्याख्यानमालाओं का आयोजन शुरू किया गया था पिछले साल आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉआरमाशेलकर थे प्रशिक्षण देहरादून के ननूरखेड़ा में आदर्श स्कूलों के अध्यापकों को विज्ञान और गणित को आधुनिक एवं रूचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया कार्यशाला यूनिट ऑफ साइंस एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट और सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई इसमें आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी रूड़की एनआईटी श्रीनगर और एमएनआईटी इलाहबाद के प्रशिक्षकों ने आदर्श स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया इस दौरान उन्होंने अध्यापकों को प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाए प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अध्यापक स्कूलों में छात्र छात्राओं को प्रयोग विधि से पढ़ाएंगे इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में लर्निंग बाई डूइंग की जिज्ञासा को बढ़ाना एवं आधुनिकतम शिक्षा तकनीक को बढ़ावा देना है इसके लिए आदर्श स्कूलों में आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराये गये हैं यह प्रशिक्षण देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर चम्पावत एवं टिहरी के आदर्श उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को दिया गया है परामर्श केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को चेताया है कि स्कूल बोर्ड परीक्षा देने की योग्यता रखने वाले किसी भी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र नहीं रोका सकते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्व स्कूलों को जारी परामर्श में कहा है कि क्छ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें क्छ स्क्लों ने प्री बोर्ड टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कई बोर्ड परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र रोका है इसके अलावा कुछ स्कूलों की ओर से प्रवेश पत्र जारी करने के ऐवज में फीस वसूली जा रही है पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज का विषय है नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

वीरता सम्मान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में आयोजित सैनिक वीरता सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधायको के सहयोग से हर विकास खण्ड मुख्यालय में सैनिक विश्राम गृह बनाये जायेंगे उन्होंने हल्द्वानी में कुमाऊं मण्डल के सैनिक परिवारो के बच्चो के लिए हॉस्टल बनाने और बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक के पास खाली पड़ी भूमि पर सैनिक जन मिलन केन्द्र बनाने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सरकारी विभागों में सेवायोजित किया जा रहा है

समीक्षा प्रदेश की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए ढांचागत सुधार किया जाएगा देहरादून में गन्ना विभाग की समीक्षा करते हुए चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने कहा कि राज्य की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए रोड़मैप तैयार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि डोईवाला नादेही किच्छा और बाजपुर चीनी मिलें घाटें में हैं और इनका ढ़ांचागत सुधार किया जाना जरूरी है श्री पन्त ने कहा कि मिलों के सुधारात्मक उपाय के लिए आधुनिकीकरण भी किया जायेगा समापन देहराद्न के सांस्कृतिक आयोजन बन चुके बसंतोत्सव का कल शाम समापन हो गया इस दो दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा आयोजित बसन्तोत्सव में इस वर्ष की रनिंग ट्राफी उत्तराखण्ड वन विभाग को मिली

राज्यपाल डॉकृष्ण कांत पॉल ने पृष्प प्रतियोगिताओं रंगोली और बच्चों की चित्र प्रतियोगिता फोटो प्रतियोगिता आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया

समापन अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड पुष्पभूमि के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा क्योंकि यहाँ का पूरा वातावरण सभी प्रकार के फूलों की खेती के अनुकल है व्यावसायिक प्रष्पोत्पादन के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा और दूर दराज के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे प्रस्कार समारोह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में हाल में जो कुछ हुआ वह प्रबंध व्यवस्था की विफलता है प्रधानमंत्री श्रम प्रस्कार प्रदान करने के बाद उन्होंने कहा कि व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों श्री नायडू ने कहा कि इस सिलसिले में आरोप प्रत्यारोप से किसी को फायदा नहीं होने वाला

श्री नायडू ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से कहा कि वह श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए और कदम उठाए तथा कल्याण उपायों के क्रियान्वयन पर नजर रखे

इनमें श्रम रत्न श्रम भूषण श्रम वीर और श्रम वीरांगना तथा श्रमश्री और श्रम देवी पुरस्कार शामिल हैं किसान मेला रूद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि खेल मैदान में दो दिवसीय किसान मेला आयोजित किया गया है मेले मे किसानों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है

इसके लिए जिलास्तर के सभी विभागों द्वारा कृषकों को तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसानों की उपज के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए सरकार द्वारा हिलान्स नाम से उत्पादों की ब्रिकी की जा रही है मौसम पिछले दो दिनों में हुई बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद आज प्रदेशभर में मौसम साफ बना रहा दोपहर के समय में धूप खिली होने के चलते मौसम में गर्माहट महसूस की गई प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा विभाग ने आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक रूप से हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है